इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है और पारदर्शिता लाने में प्रोत्साहित करती है उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है श्री मोदी ने यूपीआई डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी उल्लेख किया

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार दर्ज किए गए नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से सबसे अधिक तेरह ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सात ईस्ट सियांग से छह लेपारादा से पांच चांगलांग से तीन लोअर दिबांग वैली से दो लोहित शी योमी पाक्के केसांग तवांग और अपर सियांग जिले से एक एक मामला शामिल है राज्य में अब कोविड रिकवरी दर बानबे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोविड के एक हजार एक सौ बयासी सक्रिय मामले है और अब तक चौदह हजार सात सौ पंद्रह रोगी स्वस्थ हो च्के हैं

स्कूलों दवारा भी आने वाले छात्रों और अध्यापकों के हित में दिशानिर्देशों के अन्सार कक्षाएं चलाई जा रही है पासीघाट के आई जी जे गवर्नमेंट हैर सेकेंड्री स्कूल में भी कक्षा दस और बारह की पढ़ाई सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अन्सार चल रही है विद्यालय के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों की प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग की जाती है विद्यालय के प्रांगण के साथ सभी क्लासरुम को प्रतिदिन सेनेटाइज किया जाता है विद्यालय के प्रधानाचार्य टी तालोह ने बताया कि अगले वर्ष आयोजित होने वाली सी बी सी एस ई परीक्षाओं के मद्देनजर विदयार्थियों को शिक्षकों दवारा योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों कोविड दिशानिर्देशों के अन्सार अनिवार्य रुप से मास्क लगा रहे है और कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे है

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगोंद्वारा तैयार किया गया है जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं कल संविधान दिवस य्वाक्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह छठा संविधान दिवस मनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकज्टता व्यक्त करना है

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहल गांधी ने आज सुबह इंदिरा गांधी स्मारक पर प्ष्पांजलि अर्पित की श्री राहल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थल पर जाकर भी उन्हें श्रद्वांजलि दी

यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्वता पर दृढता से अमल किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले क्छ वर्षो में हमने करोडों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और बह्त से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हुए हैं

लोहित जिले के तेजू के किसान खोगोल्म प्ल ने राज्य के कृषि विभाग की सहायता से मध्मक्खी पालन श्रु किया है वोलक फॉर लोकल की अवधारणा से प्रेरणा लेते हए उन्होंने कई क़षि विशेषज्ञों से सलाह लेकर और इंटरनेट पर मध्मक्खी पालन से संबधित रिसर्च नोट पढ़कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मध्मक्खी पालन के तरीके में सुधार किया है उनका कहना है कि दवा और अन्य उपयोग के लिए राज्य में शहद की अच्छी मांग है और उनके पास आकर उत्पाद को खरीद लेते हैं